प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सतासी नये मामले सामने आये

मॉनसून ने भागलपुर के रास्ते राज्य में दी दस्तक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलह और सत्रह जून को दोपहर तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे सोलह जून को प्रधानमंत्री इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे वहीं सत्रह जून को श्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पन्द्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री की यह छठी बैठक होगी बाईट देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है

दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकंद नरवणे ने कहा है कि भारत के नेपाल के साथ बड़े मजबूत संबंध हैं आज देहराद्रन स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हये श्री नरवणे ने कहा कि दोनों देशों के बीच भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक संबंध हैं और उनके नागरिकों के बीच भी घनिष्ठ संबंध हैं उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हैं और भविष्य में भी रहेंगे भारत नेपाल सीमा को लेकर जारी विवाद और कल सीतामढ़ी के जानकीनगर गांव में नेपाल पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद उपजे तनाव को देखते हुये थलसेना अध्यक्ष का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सतासी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार एक सौ तेरासी हो गयी है आज सबसे अधिक बांका से पन्द्रह मामले सामने आये हैं पटना और भागलपुर से चौदह चौदह पूर्णियां से दस भोजपुर से आठ औरंगाबाद से छह सीतामढ़ी से पांच रोहतास से तीन तथा नवादा और सीवान से दो दो मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा दरभंगा जहानाबाद बक्सर मुजफ्फरपुर गोपालगंज मधेपुरा किशनगंज और लखीसराय से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं अब तक संक्रमण के सबसे अधिक तीन सौ बाईस मामले पटना से सामने आये हैं इसके अलावा भागलपुर से तीन सौ उन्नीस बेगूसराय से दो सौ चौरानवे खगड़िया से दो सौ अट्ठासी और मुंगेर से दो सौ पैंसठ मामले पॉजिटिव पाये गये हैं सबसे कम अठाईस मामले शिवहर जिले से आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ सत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार छह सौ छियासी हो गयी है वहीं इस महामारी से अब तक पैंतीस लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि अब तक एक लाख बीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे चार हजार चार सौ सात लोग संक्रमित पाये गये हैं इधर देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड ग्यारह हजार चार सौ अंठावन नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या तीन लाख आठ हजार नौ सौ तिरानवे हो गई है केन्द्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या उनचास दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है और अब तक एक लाख चौवन हजार तीन सौ तीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या आठ हजार आठ सौ चौरासी हो गई है दिल्ली के राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने लोगों खासकर वरिष्ठ नागरिकों से घर पर ही रहने की अपील करते हुये कहा है कि कोविड उन्नीस से बचाव का यही एक मात्र प्रभावी तरीका है

दे शुड टैक दीयर योअर मेडिकेशन डे शुड स्टे होम स्पेसिली जो उनका अटेंडेंट है उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे होम और उनको बाहर नहीं जाना है नई दिल्ली स्थित एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए बी डे ने बताया कि कोविड उन्नीस से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है लेकिन वे कुछ सावधानियां बरत कर अपना बचाव कर सकते हैं

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर हैं यह भी सलाह दी गयी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए साथ ही सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ई सी जी करवाने का भी सुझाव दिया गया है केन्द्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें पीएम धन लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को पांच लाख रूपये तक का ऋण प्रदान करने का दावा किया गया है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह खबर फर्जी हैं तथा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है राज्य में मॉनसून का प्रवेश हो गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि भागलपुर से मॉनसून का प्रवेश हुआ है उन्होंने बताया कि राज्य में मॉनसून की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं और अगले चौबीस घंटों में इसके प्रसार की संभावना है श्री सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मॉनसून का प्रवेश समय पर हुआ है हालांकि पश्चिम बंगाल से किशनगंज और पूर्णियां के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाला मॉनसून इस बार जमशेदपुर होते हुये भागलपुर पहुंचा है

सबसे अधिक कटौरिया में दो सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी जबकि बहादुरगंज सबौर गलगलिया पूर्णियां भागलपुर और रोसड़ा में एक एक सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वंदे भारत मिशन के तहत आज कुवैत दोहा और दुबई से चार सौ अंठानवे अप्रवासी भारतीय गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुवैत से एक सौ इकहत्तर दोहा से एक सौ चालीस और दुबई से एक सौ सतासी लोगों की वापसी हुई है सभी की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें बोधगया स्थित क्वारेंटीन सेन्टर भेज दिया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से आज एक हजार चार सौ सत्रह प्रवासी कामगार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे इन सभी को बस के माध्यम से अपने घर भेज दिया गया जहां वे चौदह दिन क्वारेंटीन में रहेंगे प्रदेश में एक जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक उनतालीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्नीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं ग्यारह हजार एक सौ तेरासी वाहन जब्त किये गये हैं साथ ही दो करोड़ नब्बे लाख रुपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में सत्रहवीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया जिसमें सत्रह कैडेट अधिकारी बनाये गये

ओटीए मादेष्टा सुनील श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली पीपिंग समारोह में कैंडेटों के कंधे पर सितारे लगते ही उनके अफसर बनने का सपना पूरा हुआ विमिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैंडेटों को सम्मानित भी किया गया कोविड उन्नीस संक्रमण के कारण इस बार अभिभावकों को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को अभिभावकों को दिखाया गया आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार को आठ हजार करोड़ रूपये देगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रवल बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी उन्होंने बताया कि यह राशि शिक्षकों के वेतन बच्चों के लिये पाठ्य पुस्तक और पोशाक तथा मध्याह्न भोजन योजना में खर्च की जायेगी पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने लॉकडाउन के बावजूद मक्का और चीनी की लोडिंग कर रिकॉर्ड एक करोड़ तेईस लाख रूपये राजस्व की प्राप्ति की है मंडल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस दौरान एक सौ इक्यावन वैगन मक्का और चौरासी वैगन चीनी की लोडिंग की गयी इधर पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर हाजीपुर मुख्यालय कार्यालय सहित सभी पांचों मंडल कार्यालय में ई ऑफिस की कार्य संस्कृति को अपनाते हुये पेपर लेस काम का निष्पादन किया है मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को देशभर में दूसरा स्थान मिला है बिहार स्टेट पावर हॉर्डिंग कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि उसने कनीय अभियंता सहायक अभियंता कनीय लेखा लिपिक और प्रबंधक जैसे पदों के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला है कम्पनी ने कहा है कि एक फर्जी वेबसाईट पर इस तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे गये हैं जो पूरी तरह गलत है इस संबंध में बिजली कम्पनी द्वारा फर्जी वेबसाईट संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी है संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है लोग हेल्प लाईन नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार छह पांच छह एक पांच आठ पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं इसके अलावा सदर अस्पताल के द्रभाष संख्या शून्य छह दो एक दो दो छह छह शुन्य पांच पांच या दो दो छह छह शुन्य पांच छह पर भी सम्पर्क किया जा सकता है भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत हाजीपुर गांव स्थित बुनियादी स्कूल में सरकारी राशि के गबन के मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधानाध्यापक और शिक्षा समिति के सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में आज तड़के पुलिस जीप और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गयी वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी तथा बारह अन्य घायल हो गये भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान में पुलिस ने दो सौ पैंसठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से भारी मात्रा में शराब और एक क्विंटल गांजा भी बरामद किया गया है कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण आभूषण की दुकान से चोरों ने लगभग दस लाख रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिये

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सतासी नये मामले सामने आये

मॉनसून ने भागलपुर के रास्ते राज्य में दी दस्तक